केन्द्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दी

आज तीन दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है

आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेश भी कर रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है बाईट साथियो इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है आत्मनिर्मर है यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पदम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है बाईट जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोस को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी वो इस बार भी कायम रखी गई है मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में उनके योगदान के बारे में जरुर जानें परिवार में उनके बारे में चर्चा करें देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है भारतीय क्रिकेट टीम की शुरूआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की उन्होंने कहा कि खिलाडियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ

हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है

इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है प्रधानमंत्री ने बिहार के सिवान की हिंदी साहित्य की विद्यार्थी प्रियंका पांडे का उल्लेख किया जो उनके सुझाव से प्रेरित होकर देश के पन्द्रह पर्यटन स्थलों के लिए निकली

प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विमूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था प्रियंका जी को वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिलीं अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिलीं उन्होंने वाकई प्रियंका जी आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष से अपनी आजादी के पचहत्तर वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू कर रहा है उन्होंने कहा कि यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली श्री मोदी ने मुंगेर के जयराम विप्लव के संदेश को साझा करते हुये कहा कि पंद्रह फरवरी उन्नीस सौ बत्तीस को तारापुर में शहादत देने वाले शहीदों को राष्ट्र नमन करता है प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों के समाज के प्रति योगदान को जानने का आग्रह भी देशवासियों से किया नये साल की चर्चा करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत साल के पहले महीने में क्रिकेट और कोरोना की रोकथाम की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है उन्होंने कहा कि यह देशवासियों की कड़ी मेहनत से संकल्प को सिद्ध करने का परिणाम है सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने कल से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत महत्वपूर्ण कदम है

ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो यह हम इनकरेज करेंगे दो शॉ के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़ अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम न हो सेनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी साक्धानी बरतनी होगी लेकिन वहां के स्टॉल से खरीदकर के ग्राहक खरीदकर थियेटर में खाने की चीजें ले जा सकता है मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम कॉमन एरिया प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम छह फीट की पर्याप्त सुरक्षित द्ररी बनाये रखने को कहा गया है फेस मास्क पहनने और कोविड अनुकूल व्यवहार को भी आवश्यक किया गया है मानक संचालन प्रकिया के तहत देश भर के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों से प्रवेश स्थलों पर आगंतुकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने तथा बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश के लिए कहा गया है पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल करने की कल अंतिम तिथि है राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूची में जिन योग्य मतदाताओं के नाम शामिल नहीं है वे कल तक अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास प्रपत्र घ भरकर नाम शामिल करवाने का आवेदन कर सकते हैं केन्द्र सरकार ने राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के तहत एक हजार दो सौ चौंवन करोड़ पचास लाख रूपये जारी किये हैं पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत यह राशि निर्गत की गयी है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे लोकसभा में वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के बजट को कोविड के कारण लगाये गये लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले दस महीनों में घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जायेगा इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपब्लध होगा और इसे एंड्रोइड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किया जाने वाला यह तीसरा बजट कोरोना महामारी काल के बाद का देश का पहला बजट होगा जिससे देश की पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान की जाएगी शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने पंत और पुजारा की बल्लेबाजी तर्ज पर आवश्यक राजकोषीय सावधानियों के साथ ही कुछ जुझारू आर्थिक फैसलों की घोषणा के संकेत भी दिए हैं जहां एक ओर देश ने समय से लिए गए फैसलों की वजह से कोरोना महामारी के कारण जूझ रही आर्थिक मंदी से इतर अपने विकास रथ को कायम रखा है वहीं दूसरी ओर यह बजट ग्यारह प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की भविष्य की रूपरेखा चिनहित करेगा

आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी आम बजट के मददेनजर आकाशवाणी पटना ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से प्रतिक्रिया ली है आईये इस कड़ी में सुनते हैं बजट को लेकर आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेशभर में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है इस दौरान अधिकांश जगहों पर मध्यम से घने कोहरे छाये रहेंगे चार फरवरी के बाद पुरबा हवा के प्रवाह की संभावना है जिससे तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों में मौसम में कोई बदलाव की स्थिति नहीं है

प्रदेश में कोविड उन्नीस के सक्रिय रोगियों की संख्या लगातार घट रही है अब तक दो लाख संतावन हजार आठ सौ छप्पन रोगी संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव नौ पांच प्रतिशत हो गई है इस समय एक हजार दो सौ सैंतालीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है देशभर में आज से पल्स पोलियो अभियान दो हजार इक्कीस शुरू हो गया है शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक दी जा रही है इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें वैश्विक स्तर पर पोलियो का उन्मूलन होने तक सतर्क रहने और पोलियो से जनता प्रतिरक्षा बनाये रखने के लिए बारीकी से निगरानी रखने की जरूरत है इधर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में सभी स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोलियो के खुराक दिये गये समस्तीपूर रेल मंडल के रक्सौल से दक्षिण भारत के लिए पहली बार आज आस्था सर्किट विशेष ट्रेन को रवाना किया गया मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने कहा कि कोविड के उपरांत समस्तीपुर रेल मंडल से पहली बार आईआरसीटीसी द्वारा संचालित इस आस्था सर्किट ट्रेन से श्रद्वालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल का दर्शन कराया जायेगा उन्होंने कहा कि श्रद्वालुओं की मांग पर मार्च महीने में भी इसी तरह के ट्रेन चलाई जायेगी यह ट्रेन तिरुपति मदुरई रामेश्वर कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम और पुरी तक जायेगी इस दौरान पर्यटकों को दक्षिण भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल बालाजी मीनाक्षी मंदिर रामनाथस्वामी मंदिर कन्याकुमारी और जगरनाथ मंदिर सहित अन्य स्थानों का दर्शन कराया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूते और मोजे पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि परीक्षा में तेरह लाख पचास हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया श्री बाबू की कर्मभूमि बेगूसराय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया इधर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गयी

केन्द्र ने कल से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल चलाने की अनुमति दी

आज तीन दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा